श्री चौहान ने कहा कि आम लोगों के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए म्ख्यमंत्री आज स्बह मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस दवारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे श्री चौहान ने कैबिनेट बैठक के पूर्व मंत्रियों से कहा कि वे अपने भ्रमण जनता से संवाद बैठकों और कार्यक्रमों में नये कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें

यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हए लिया गया है